मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने में भारत द्विंया के अग्रणी देशों में शामिल है आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में उन्हेाने बताया कि देश में राजस्थान सहित कुछ राज्यों में कोविड टीकाकरण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है

इस बीच देश में कोविड के नये मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ गई है

इस अभियान में शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्चच्छता सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुवधिाओं पर जोर दिया जा रहा है

जिला प्रशासन की ओर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना शुरू कर दिया है सभी जिलों में ज्याइंट इंफोर्समेंट टीम बनायी गयी हैं और ये टीमें कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर परिसरों को सील कर रही हैं विभिन्न जिलों में कई व्यावसायिक परिसरों को सील भी किया गया है

साथ ही ये दल नागरिकों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं मास्क नहीं लगाने और अनावश्यक भीड़ करने वाले लोगों का चालान काटे जा रहे हैं

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी ने बताया कि पिछले दिनों में आरयूएचएस अस्पताल में बडी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हुए हैं इनमें से सभी मरीज वे थे जिन्होंने कोविड टीका नहीं लगवाया

बूंदी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आज कोविड टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया

बीकानेर में जिला प्रशासन और जन सम्पर्क विभाग ने ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया झालावाड में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालो के चालान काटे गये और चार दुकानों को एक दिन के लिए सीज किया गया ब्रंदी में नगर परिषद और पुलिस ने बिना मास्क लगाने वालों के चालान बनाये सवाईमाधोपुर में जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने जिला स्तरीय क्वारंटाईन सेन्टर के लिए चयनित रणथम्भौर सेविका अस्पताल खिलचीपुर का निरीक्षण कर आवश्यक साफ सफाई के निर्देश दिये

जो लोग कोविड टीका लगवा चूके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है

इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे

अब तक एक हजार से ज्यादा किसानों की उपज की खरीद की जा चुकी है